राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा भारत शांति के प्रति वचनबद्व लेकिन जरूरत पड़ने पर देश की संप्रभृता की पूरी ताकत से करेगा रक्षा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल महराजगंज जिले में एक सौ इक्तीस करोड़ रूपये लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन कुम्म मेला कल महाशिवरात्रि के अंतिम स्नान के साथ हुआ सम्पन्न मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज में इसके समापन की करेंगे औपचारिक घोषणा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विपक्षी दलों से कहा है कि वह भारत की सशक्त सेनाओं के शौर्य और साहस पर प्रश्न उठाने का सिलसिला बन्द करें श्री मोदी ने कहा कि हमें अपनी सशस्त्र सेनाओं पर गर्व करना चाहिए श्री मोदी कल गुजरात के जामनगर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारम्भ करने के बाद लोगों को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि समूचा देश आतंकवाद को खत्म करने के लिए एकजुट है प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें अपनी सशस्त्र सेवाओं पर गर्व करना चाहिए उन्होंने कहा कि आतंकी शिविरों पर हाल के हवाई हमले के समय यदि भारत के पास रफाल विमान होते तो इसका परिणाम और भी सकारात्मक और प्रमावी होता श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार देश के आम नागरिकों के कल्याण के लिए द्रद्वसंकल्पित है और इस दिशा में अनेक उपाय कर रही है आयुष्मान भारत योजना का जिक करते हुए उन्होंने कहा कि यह दुनियां का सबसे बड़ा स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम है जिससे आम लोगों को राहत दी जा रही है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि भारत शांति के प्रति वचनबद्व है लेकिन अगर जरूरत हई तो वह पूरी शक्ति के साथ अपनी संग्रत्ता की रक्षा करेगा श्री कोविंद कोयम्बदूर के करीब सुलूर में कल सुबह एक कार्यक्रम में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि सशस्त्र सेनाएं देश की रक्षा के लिए संकल्पदद हैं और वायुसेना ने साहस और समर्पण भावना का प्रदर्शन करते हुए यह सिद्व करके दिखा भी दिया है राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय वायुसेना व्यापक रूप से आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में है उन्होंने मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यो में आगे रहने के लिए वायुसेना की प्रशंसा भी की इस अवसर पर वायुसेनाव्यक्ष एयरचीफ मार्शल बिरेन्दर सिंह धनोआ ने अपने संबोधन में इन खबरों का खंडन किया है कि छब्बीस फरवरी को बालाकोट पर किए गए हवाई हमले में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने में सफलता नहीं मिली बाद में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने इसलिए बदले की कार्रवाई की कोशिश की क्योंकि भारतीय वायुसेना को अपनी कार्रवाई में सफलता मिल रही थी वायुसेना अध्यक्ष ने कहा कि ऐसी कार्रवाई से हताहत होने वालों की संख्या केवल सरकार ही बताएगी क्योंकि वायुसेना हताहतों की सही सही संख्या का आंकलन नहीं करती बैंक खाता खोलने और मोबाइल सिम लेने के लिए आधार को पहचान पत्र के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गयी है लेकिन इसका इस्तेमाल स्वैच्छिक होगा यानी बैंक या मोबाइल कंपनियां किसी व्यक्ति को आधार देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं राष्ट्रपति ने इससे संबंधित अध्यादेश को मंजूरी दे दी है लोकसभा से इस सम्बन्ध में विधेयक पारित होने लेकिन राज्यसभा की मंजूरी न मिलने के कारण अध्यादेश लाना ज़रूरी हो गया था पिछले हफ़्ते मंत्रिमंडल ने आधार और दो अन्य कानूनों में प्रस्तावित बदलाव लागू करने के लिए अध्यादेश जारी करने को मंजूरी दी थी इन संशोधनों में आधार के उपयोग के निर्धारित नियमों और निजता के उल्लंघन के लिए भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है अध्यादेश में आधार अधिनियम से सम्बन्धित संशोधनों को प्रभावी बनाया गया है फ्रांस ने भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाए जाने का फिर समर्थन किया है मार्च के लिए सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बनने पर फ्रांस ने भारत जर्मनी और जापान को परिषद का स्थायी सदस्य बनाए जाने का समर्थन दोहराया उसने कहा कि सुरक्षा परिषद में सुधारों के लिए इसके स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाना पहला उपाय होगा रक्षामंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि रक्षाकर्मियों के लिए वन रैंक वन पेंशन के तहत पैंतीस हजार करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है कल देहरादून में शौर्य सम्मान समारोह को सम्बोधित करते हुए रक्षामंत्री ने रक्षाकर्मियों के लिए दो सौ बिस्तरों वाले तीन अस्पताल बनाये जाने की भी घोषणा की इस अवसर पर श्रीमती सीतारामन ने शहीदों की पत्नियों को भी सम्मानित किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल महराजगंज ज़िले में एक सौ इक्तीस करोड़ रूपये लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया इन परियोजनाओं में जिले के विभिन्न मंदिरों का सौन्दर्यीकरण पेयजल पाईप लाईन सहित सात परियोजनाए शामिल हैं इस अवसर पर आयोजित जनसभा को सम्बोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार ने सबका साथ सबका विकास के मूलमंत्र की संकल्पना के आधार पर अनेक जनकल्याणकारी काम किये हैं उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों और रीतियों से प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है श्री योगी ने लोगों से आहवान किया कि केन्द्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को आम लोगों तक पहंचायें ताकि केन्द्र में नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में पुनः सरकार बन सके इस अवसर पर सांसद पंकज चौघरी सहित पार्टी के कई विधायक और भाजपा नेता मौजूद थे इन नेताओं ने जनपद के विकास के संबंध में मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज में इसके समापन की औपचारिक घोषणा करेंगे कल महारिकरात्रि के अवसर पर कुंभ का अंतिम स्नान था इस दौरान लाखों श्रद्वालुओं ने संगम तट पर पवित्र डुबकी लगाई पन्द्रह जनवरी मकरसंक्रांति से पचपन दिन तक चले विश्व के सबसे बड़े जन समागम कुम्म मेले के दौरान अब तक बाईस करोड़ श्रद्वालु संगम में स्नान कर चुके हैं प्रदेश भर में कल महाशिवरात्रि का पर्व आस्था और उल्लास के साथ मनाया गया इस अवसर पर श्रद्वालु द्वारा शिव मंदिरों में जलामिषेक कर भगवान शिव की पूजा अर्चना किया धार्मिक नगरी वाराणसी में इस पावन पर्व के अवसर पर काशी विश्वनाथ मंदिर सहित नगर के प्रमुख शिवालयों में पूजन दर्शन के लिए शहर आस पास के जनपदों और कई प्रान्तों से आये शिव भक्तों की भारी भीड़ रही हर हर महादेव के जयघोष से पूरी काशी शिवमय रही दिव्यांग और वृद्द श्रद्वाल्ओं के दर्शन पूजन के लिए अलग से व्यवस्था की गयी थी अयोध्या के नागेश्वरनाथ शिवमंदिर में भक्तों की भारी भीड़ रही ऐसी मान्यता है कि यह मंदिर भगवान श्रीराम के पुत्र लव कुश द्वारा स्थापित किया गया था उधर गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरक्षनाथ मन्दिर में भगवान शिव का रूद्राभिषेक कर पूजा अर्चना की लखनऊ के प्रसिद्व मनकामेश्वर मठ मन्दिर में सुबह आरती के बाद मंदिर के कपाट भक्तों के लिए खोल दिये गये जहां शिव आराधना करने वालों की भीड़ रही शहर के बुद्वेश्वर मंदिर में लोगों द्वारा भगवान रिय का जलाभिषेक कर उनकी आराधना की गयी देवरिया जिले के दुधेश्वरनाथ मंदिर गोरखपुर जिले के महादेव झारखण्डी मुंजेश्वरनाथ भरोहिया शिव मंदिर और संत कबीर नगर जिले के तमेश्वरनाथ मंदिर में शिवभक्तो की भारी भीड़ देखने को मिली भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेन्द्रनाथ पाण्डेय ने कहा है कि केन्द्र और भाजपा शासित राज्य सरकारें किसानों और समाज के प्रत्येक वर्ग विशेषकर ग़रीबों के कल्याण के लिए प्रतिबद्व हैं और इस दिशा में कई योजनाए संचालित की गयी हैं डॉक्टर पाण्डेय बस्ती में देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में बनाये गये प्रेक्षागृह का लोकार्पण और उनकी प्रतिमा का अनावरण करने के बाद लोगों को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने लोगों का आह्वान किया कि वह अपने अपने इलाकों में भाजपा सरकार के ज़रिये किसानों और आम नागरिकों के फ़ायदे के लिए किये गये कामों को प्रचारित करें इस प्रेक्षागृह का निर्माण स्थानीय सांसद हरीश द्विवेदी की सांसद विकास निधि से कराया गया है